अफगानिस्तान को आंतकवाद के प्रभाव का एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण बताया

किसान सम्मेलन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश क धरती को लाजिस्टक हब बनाया जाएगा और किसान के उत्पाद को विदेशों में बेचने के लिये किसान बोर्ड का गठन किया जाएगा

श्री चौहान ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है जब गेहूं उपार्जन के नाम पर इतनी बडी राशि किसानों के खातों में भेजी गयी है

उन्होंने कहा कि किसानों के परिवारों को आवास पढाई और इलाज की व्यवस्था सरकार करेगी इसके अलावा बिजली के बिलों को सरल किया जाएगा समारोह में जबलपुर के सांसद और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष राकेश सिंह ने भी संबोधित किया जबलपुर के अलावा प्रदेश के अन्य सभी जिलो में किसान सम्मेलन आयोजित किये गये

देवास में संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री सुरेन्द्र पटवा ने कृषकों को प्रोत्साहन राशि वितरित की

सीहोर में सांसद आलोक संजर किसान सम्मेलन में शामिल हुए

खंडवा और नीमच में भी किसानों को प्रोत्साहन राशि वितरित की गयी आहार अनुदान विशेष पिछडी जनजाति की महिलाओं के लिये प्रदेश में आहार अनुदान योजना स्वीकृत की गयी है सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग ने बताया कि जिले के समस्त विशेष पिछडी जनजाति वर्ग के हितग्राही निकटतम कियोस्क केन्द्र पर जाकर अपना प्रोफाइल पंजीयन करा सकते है मोदी चीन यात्रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चीन के शहर चिनदाओ में शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में सुरक्षा और संपर्क सुविधा के महत्व पर बल दिया उन्होंने अफगानिस्तान को आंतकवाद के प्रभाव का एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण बताया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज चीन के शहर चिनदाओ में शंघाई सहयोग संगठन सीसीओ की बैठक में कहा कि सुरक्षा और संपर्क सुविधा बेहद महत्वपूर्ण है शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी के शब्द सिक्योर की नई परिभाषा भी दी श्री मोदी ने कहा कि हम ऐसे नये कनेक्टविटी प्रोजेक्ट का स्वागत करते है जो समावेशी सस्टेनेबल और पारदर्शी हो और जो देशों की संप्रभूता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे

राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल इंदौर में श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में कहा कि हमारा देश विश्व में युवा जनसंख्या वाला सबसे बड़ा देश है नये भारत के निर्माण में युवा शक्ति का बेहतर उपयोग करना समय की आवश्यकता है राज्यपाल ने युवाओं का आहवान किया कि वे संस्कारवान बनें समाज सेवा में सक्रिय योगदान दें समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वास के वातावरण को दूर करने के लिये आगे आयें श्रीमती पटेल ने समारोह में विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान कीं इंदौर में ही राज्यपाल श्रीमती पटेल ने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना उज्जवला योजना जन धन योजना मुद्रा योजना और आवास योजना के हितग्राहियों से मिलकर विस्तृत चर्चा की

प्रदेश में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेन्द्र सिंह तोमर और भाजपा उपाध्यक्ष प्रभात झा ने पार्टी के विधायकों और पदाधिकारियों को केंद्र तथा राज्य की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने को कहा है

धनपुरी नगरपालिका चुनाव के लिये मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा है

सब जूनियर ब्वॉयज सिंगल स्कल इवेंट में अकादमी के खिलाड़ी भोलू शर्मा ने रजत पदक अर्जित किया

आयुक्त जनजातीय कार्य श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने बताया कि विभागीय कीडा प्रतियोगिताओं में विभाग द्वारा संचालित विद्यालय या संस्थाओं के छात्र छात्राएं ही भाग लेंगे अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा शालेय राज्य प्रतियोगिता में विभागीय दल के जनरल मैनेजर को प्रीनेशनल कैंप में चयनित खिलाडियों की खेल विधा एवं आयु की समूहवार सूची विभाग के राज्य कीडा अधिकारी एवं संबंधित जिले के कीडा प्रभारी को भेजने के निर्देश दिये गये है

महाविद्यालयों में ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से बीएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू में प्रवेश प्रारंभ है मौसम मध्यप्रदेश में दो दिनों से चल रही बारिश के चलते मौसम का रूख सुहावना होगया है पिछले एक माह से पड रही भीषण गर्मी और बेतहाशा उमस के कारण लोगों को राहत मिली है आज दोपहर के बाद अनेक स्थानों पर बदली छायी रही बैतूल जिले में कई स्थानों पर मध्यम तेज बारिश हुई इसके साथ तेज हवाओं के चलते संचार सुविधा भी बाधित होने की खबर सामने आयी जिले के नदी नालों में जलस्तर बढा है वहीं रीवा में शाम को बादल दिखायी दिये और इसके बाद झमाझम बारिश हुई

देवास में तेज हवा और आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई इससे सुबह से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली

जिले में कल शाम हुई हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली